इस चरण में प्रदेश की जिन दस लोकसभा सीटों के लिये मतदान किया गया उनमें मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूँ आंवला बरेली और पीलीमीत शामिल हैं इस चरण में चौदह महिलाओं सहित क्ल एक सौ बीस उम्मीदवारों का भाग्य आज मतपेटियों में बन्द हो गया सुबह मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही दोपहर में धूप के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन शाम होने के बाद मतदान सम्पन्न होने तक लोग दूथों तक पहुंचते रहे पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खास उत्साह देखा गया छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली है क्छ स्थानों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की सूचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अतिशीघ्र ठीक करा दिया गया चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदातओं के लिये विशेष व्यवस्था की थी तीसरे चरण में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भाजपा के वरुण गांधी और जयाप्रदा समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान प्रमुख उम्मीदवार हैं

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित कर अपने प्रत्याशी के पक्ष मे मतदान की अपील कर रहे हैं भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा में एक च्नावी जनसभा को सम्बोधित करते हये ब्न्देलखण्ड की समस्याओं का जिक्र किया और कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार उन समस्याओं के प्रति गम्मीर है बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात इस गम्मीरता का उदाहरण है फर्रूखाबाद में एक जनसभा को सम्बोधित करते हये बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यदि उनकी पार्टी को केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर मिला तो वह युवाओं के लिये सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने की व्यवस्था करेंगी इस चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर उन्तीस अप्रैल को योट डाले जायेंगे ये सीटे हैं शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर चौथे चरण में कुल एक सौ बावन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गयी इस चरण में प्रदेश के चौदह संसदीय क्षेत्रों में आगामी बारह मई को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा छठे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती इमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज सुरक्षित सीट आज़मगढ़ जौनप्र मछलीशहर सुरक्षित सीट और भदोही शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण की अधिसूचना कल जारी होने के बाद इस चरण में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज हो गया है फिल्म अमिनेता रवि किशन ने आज गोरखपुर लोकसभा सीट के लिये भाजपा के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया बांसगांव संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान ने अपना नामांकन पत्र भरा कुशीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नथुनी प्रसाद क्शवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तारीख तीस अप्रैल है

इस चरण में प्रदेश की जिन तेरह सीटों पर चुनाव कराये जाने हैं उनके नाम हैं महराजगंज गोरखपुर कूशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रफाल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से उद्वत किया गया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि इस बारे में भाजपा सासंद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई इस महीने की तीस तारीख को होगी न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालय आकाशवाणी प्रकाशन विभाग और भारतीय बाल फिल्म समिति को आज नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दो हजार उन्नीस प्रदान किए गए मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह पुरस्कार प्रदान किए आकाशवाणी महानिदेशक फैय्याज शहरयार और महानिदेशक समाचार इरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया